मुरव्यमंत्री इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट की

केन्द्रीय वित्त मेंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया इस बीच मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कांगड़ा जिला के योल छावनी क्षेत्र की अधिसूचना वापिस लेने का आग्रह भी किया मुख्यमंत्री ने कोन्द्रीय मंत्री से नाहन के समीप बनोग से धरक्यारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जल्द जारी करने का अनुरोध किया केन्द्रीय रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि दोनों मामले उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हल कर लिए जाएंगे वॉकआउट प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए नए नगर निगम कानून के विरोध में आज विपक्षी दल कांग्रेस और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सदन से वाकआउट किया विपक्ष की मांग थी कि इस विधेयक को या तो सलेक्ट कमेटी के विचार के लिए भेजा जाए या फिर इस पर विपक्ष के संशोधनों को मंजूर कर उन पर विचार किया जाए हालांकि सरकार ने विपक्ष की दोनों ही मांगें नहीं मानी और बहमत से इंस विधेयक को पारित कर दिया

आज पारित इस नए कानून के मुताबिक अब नगर निगमों में ओबीसी को भी महापौर पद पर आरक्षण मिलेगा जबकि महापौर और उपमहापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अब आधे के बजाय तीन चौथाई सदस्यों का समर्थन जरूरी है

इससे पहले इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के जगत सिंह नेगी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने इसका विरोध किया विपक्ष के वाकआउट के बीच सदन ने इस संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया

उन्होंने कहा कि बजट से सब अहम मुद्दे गायब कर दिए हैं और गैप फंडिंग कहां से होगी इसका कोई जिक्र नहीं हैं उन्होंने कहा कि बजट में न तो प्रदेश पर कर्जों का जिक्र है और न ही कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है

भाजपा के विनोद कुमार ने मिशन दृष्टि के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया और कहा कि इससे प्रदेश के लाखों बच्चों को फायदा होगा भाजपा के बलबीर वर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि इसे समाज का हर वर्ग लाभांवित हो रहा है चर्चा में कांग्रेस के सुंदर ठाकुर और भाजपा के परमजीत पम्मी ने भी हिस्सा लिया प्रश्नकाल प्रदेश में जल जीवन भिशन के तहत आधी अधूरी पाइपें लगाने या बांटने पर इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के रमेश धवाला के मूल और कांग्रेस के रामलाल ठाकूर के अनुपूरक सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकूर ने ये बात कही उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत विभाग द्वारा हर घर तक पाइप लाइन बिछाकर नल लगाए जाएंगे

उन्होंने कहा कि डीपीआर बनने के बाद अब इसके टेंडर किए गए हैं और केंद्र से क्लीयरेंस मिलने के बाद आगे कार्य अवार्ड होगा

विधायक रमेश धवाला के सवाल पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में पशुओं की टेगिंग का कार्य पूरा होने पर कानून में संशोधन किया जाएगा इसमें पशुओं को सड़कों पर छोड़र्ने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा

इस उपलक्ष्य में महिलाओं के सम्मान में प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए

राज्यपाल ने महिला दिवस की बंधाई देते हुए कहा कि इस दिन महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों और अन्याय की रोकथाम के लिए आम नागरिकों को जागरूक करने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है राज्यपाल ने प्रलिस विशेष रूप से महिला पुलिस द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्वाओं के रूप में प्रदान की गई महत्वपूर्ण सेवाओं की भी सराहना की इससे पूर्व राज्यपाल ने परेड कमांडर सुष्टि पांडे के नेतृत्व में महिला पुलिस की ट्रकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली

जयराम अनुराग ठाकर मुरव्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामानाएं देते हुए कहा है कि आज महिलाए हर क्षेत्र में भाग लेकर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति अपने अदम्य साहस ओर अथक परिश्रम से विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में सफल रही हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने समस्त मातुशक्ति को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए हिमाचल पुलिस द्वारा महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है यह महिलाओं के प्रति सम्मान प्रशंसा प्रेम और आदर दर्शाने का अवसर है

सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर ने बताया कि इसका उद्देश्य हर क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के योगदान को बढ़ावा देना है